प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी श्रुआत की अभियान के पहले दिन एक लाख इक्यानवे हज़ार से अधिक लोगों को टीके लगाये गये स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर टीके के द्वष्प्रभाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने की ख़बर नहीं है भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार किया गया टीका कोविशील्ड सभी राज्यों को भेजा गया था भारत बायोटेक की को वैक्सीन बारह राज्यों में पह्ंचाई गई सरकार के अनुसार टीकाकरण अभियान के शुरू होने से देश में कोरोना महामारी समाप्त होने की संभावना है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह अभियान मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है और टीकाकरण के लिए प्राथमिकता ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनके संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक रहा है प्रधानमंत्री ने कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने में ज्टे वैज्ञानिकों की सराहना की उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश के पास बह्त कम समय में कोरोना के दो मेड इन इंडिया टीके उपलब्ध हैं

पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश से छह कोरोना वायर्स के मामले रिपोर्ट किए गए है और सभी छह मामले वेस्ट कामेंग जिले से है और सभी सैन्य कर्मचारी है वहीं दूसरी और राज्य में आठ मरीज स्वस्थ हो गए है अब राज्य में कोरोना संक्रमण के बासठ सक्रिय मामले है और अब तक कोरोना से छप्पन लोगों की जाने जा च्की है

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स ने कोरोना महामारी के दौरान सेनेटाइज़र्स और पीपीई किट की उपलब्धता स्निश्चित करने और संबंधी आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है श्री मोदी ने कहा कि किराना वस्त्ओं और दवाइयों की घरों में डिलीवरी अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लाने ले जाने और ऑनलाइन अध्ययन की सामग्री जैसे आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति स्निश्चित करने में स्टार्टअप्स ने महत्वपूर्ण कार्य किया है प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रारंभ स्टार्टअप भारत अंतरराष्ट्रीय शिखर बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने विपरीत परिस्थिति में अवसर तलाशने और आपदा के दौरान विश्वास पैदा करने की स्टार्टअप की भावना की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि पैतालीस प्रतिशत स्टार्टअप्स टीयर टू और टीयर थ्री के शहरों में हैं जो स्थानीय उत्पादों के ब्रैंड एम्बैसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री मोदी ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए करीब एक हजार करोड़ रुपये के स्टार्टअप के लिए भारत बीज कोष योजना स्टार्टअप की घोषणा की उन्होंने कहा कि इक्तालीस हजार से अधिक स्टार्टअप्स देश के क्छ अभियान में लगे हए हैं इनमें से पांच हजार सात सौ से अधिक स्टार्टअप्स आईटी सैक्टर में हैं जबकि तीन हजार छह सौ से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र में हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हजार सात सौ स्टार्टअप्स क़षि क्षेत्र में भी आए हैं

कार्यक्रम का उद्देश्य सिविलियन्स के बीच सशस्त्र बल के बारे में जाग़रुकता फैलाना और य्वकों को सशस्त्र बलों में शामिल करवाना था कार्यक्रम में सैन्य हथियार और सेना के तकनीकी उन्नति को प्रदर्शित किया गया

इस साप्ताहिक कार्यक्रम को प्रदेश बर्डिंग क्लब ने श्रुआत की थी

हापोली जिला वन अधिकारी अभिनव क्मार के नेतृत्व में कल सिखे लेक में कार्यक्रम को फिर से श्रु किया गया

इस अवसर पर छंटाई उर्वरक को सही तरीके से डालने किट और बीमारियों का प्रबंधन जैसे व्यवहारिक प्रदर्शन किया था इस अवसर पर किसानों और वैज्ञानिकों के बीच बातचीत सत्र भी रखा गया जहां किसानों ने संतरे की खेती से जूड़े समस्या और संदेह भी वैज्ञानिकों के सामने रखा कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रोडिंग पार्टिन भी उपस्थित थे

पहले चरण में लखनऊ के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एनसीओई में नव निर्मित वातान्कूलित क्श्ती हॉल और तरणताल भोपाल के एनसीओई में सौ बिस्तरों के हॉस्टल एनसीओई सोनीपत में बह्उद्देशीय हॉल और लड़कियों के हॉस्टल का नाम स्थानीय खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा